इस मौके पर प्रदेश में भी शहीदों को विन्नम श्रद्धांजलि दी गई शहीदों के सम्मान में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

आज इस अवसर पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय गांधी चौक पर विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है भोपाल स्थित भारतीय सेना की सुदर्शनचक कोर ने शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इनमें सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी मार्शलआर्ट और सैन्य बैण्ड की संगीत प्रस्तुतियां प्रमुख हैं इसके अलावा रवीन्द्र भवन में भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और भोपाल एक्स सर्विसेस लीग की ओर से हए कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि दी गई कार्यक्रम में कारगिल युद्ध पर बनी लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ं नेता बी एस येदियुरप्पा ने आज कर्नाटक के मुख्ययमंत्री के रूप में शपथ ली बंगलूरू में राज्यपाल बजूभाई वाला ने आज उन्हें पद और गोपनियता की शपथ दिलाई इससे पहले येदियुरप्पा ने कहा कि वर्तमान में वे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में हैं और पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि एचडी कुमारस्वामी की अगवाई वाली जनतादल सैक्लर कांग्रेस सरकार विधायकों की बगावत के कारण बहमत से हाथ धो बैठी थी बीते दिनों विश्वासमत हासिल करने में असमर्थ रहने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था चारलेन सड़क केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कल दिल्ली में सांसद रोड़मल नागर के नेतृत्व में आगरमालवा जिले से गये एक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किये हैं

वन विभाग द्वारा आपका पौधा आपके द्वार योजना में इस वर्ष अब तक एक लाख लोगों को उनके घर पर पौधे प्रदाय किये गये हैं पौधे नो प्रॉफिट नो लॉस कीमत पर पहुँचाये जाते हैं पहुँचाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है

इन जिलों में इंदौर ग्वालियर श्योपुर खरगोन छतरपुर छिन्दवाड़ा अशोकनगर अनूपपुर नरसिंहपुर शिवपुरी गुना राजगढ़ सतना और कटनी शामिल हैं

पासपोर्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने विदेश मंत्रालय से हाजियों की सुविधा के लिये प्रदेश के बुरहानपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का आग्रह किया है श्री अकील ने इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है मंत्री श्री अकील ने अपने पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश में बुरहानपुर अल्पसंख्यक बहुल जिला है जहाँ से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में यात्री हज पर जाते हैं वर्तमान में बुरहानपुर जिले में पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने से यात्रियों को पासपोर्ट के लिये बार बार इन्दौर जाना पड़ता है

राज्य के जबलपुर होशंगाबाद ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में लगभग सभी स्थानों पर और रीवा शहडोल सागर भोपाल उज्जैन और इंदौर सभागों में कहीं कहीं बारिश हुई